प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया

प्रदेशभर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर रसमी परेड़ की सलामी ली

स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सबके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और तेजी से प्रगतिशील भारत के निर्माण की आवश्यकता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि जन सामान्य को आरोग्य की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई जाएगी संसद सत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सत्र पूरी तरह सामाजिक न्याय को समर्पित रहा उन्होंने कहा कि इस बार संसद ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर उनके अधिकारों की रक्षा की अज्ञात शहीदों और क्रांतिकारियों के बलिदान को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जलियांवाला बाग के शहीद और देश के वीर त्याग और बलिदान की प्रेरणा देते हैं स्वतंत्रता दिवस जारी श्री मोदी ने घोषणा की कि सेना में अल्पकालिक सेवा की महिला अधिकारियों को पुरुष सैन्य अधिकारियों की तरह स्थायी कमीशन के अवसर दिए जाएंगे महिला सुरक्षा के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि समाज और देश को द्ष्कर्म की अपमानजनक मानसिकता से मुक्त करने की जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि महापुरुषों और आज़ादी के सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए बाबासाहेब भीमराव आम्बेडकर के नेतृत्व में समावेशी संविधान बनाया गया उन्होंने कहा कि ये संविधान नए भारत का संकल्प लेकर आया श्री मोदी ने कहा कि हमारा संविधान सभी का मार्गदर्शन कर रहा है प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में स्कूली बच्चों के साथ जय हिंद का तीन बार उद्घोष किया और मंच से नीचे उतरकर स्कूली बच्चों से मिले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के एक दल ने उत्तराखण्ड की पारम्परिक वेशभूषा और संस्कृति का प्रदर्शन किया

इस अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ध्वजारोहण किया और रसमी परेड़ की सलामी ली देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी को बनाए रखने में हमारी सेना के वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर जिले में उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारियों को नोडल बनाया है उन्होंने कहा कि सैन्य और अर्धसैन्य बलों के जवानों के शहीद होने पर उनके आश्रितों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवायोजित किया जा रहा है

किसानों की आय को द्गना करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उपज को बढ़ाने के लिए राज्य के सभी किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में जल्द जैविक कृषि अधिनियम लागू करेगी

युवाओं को रोजगार देने का संकल्प दोहराते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष को रोजगार सुजन वर्ष के रूप में मना रही है जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं इस दौरान उन्होंने स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने और राज्य के दूरस्थ इलाकों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया पहाड़ों से हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को फिर से आबाद करने के लिए जल्द ही योजना बनाई जाएगी

उन्होंने बताया कि देहरादून में सड़कों के चैड़ीकरण और सोंदर्यीकरण का कार्य त्वरित गति से किया जायेगा

मुख्यमंत्री ने जनता से आहवान किया कि सभी लोग मिलकर राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए अपना सहयोग दें

देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने ध्वजारोहण किया इस दौरान उन्होंने उपस्थित पुलिस बल को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलायी श्री रतूड़ी ने सभी पुलिस कर्मियों से अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और लगन से निर्वहन करने का आह्वान किया पुलिस महानिदेशक ने राष्ट्रपति पुलिस पदक पुलिस पदक और मुख्यमंत्री के सराहनीय सेवा पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पदकों से अलंकृत किया वहीं बागेश्वर के नुमाइसखेत मैदान में जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने ध्वाजारोहण किया और उपस्थित लोगों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलायी उधर चम्पावत जिले में स्वतंत्रता दिवस ध्रमधाम से मनाया गया इस अवसर पर विभिन्न जिले के स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

एक समाचार एजेंसी के अनुसार उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को तीन सप्ताह के भीतर ऐसे नियम बनाने को कहा है न्यायालय ने ये निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये